इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति वैकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट पहंचकर बापू की समाधि पर पृष्यांजलि अर्पित की इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गयी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में गांधी संदेश यात्रा का आयोजन किया गया इन नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्वासुमन अर्पित किये इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मानवता के प्रति महात्मा गांधी के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि गांधीजी के सपनों को साकार करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिये हम सभी को कड़ी मेहनत का संकल्प लेना चाहिये उन्होंने कहा कि गांधी का शांति का संदेश दुनिया के लिये आज भी प्रासंगिक है प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाएंगे और वहां प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल से आश्रम को मुक्त बनाने के लिए प्लॉगिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे बाद में वे साबरमती नदी के किनारे पहुंचेगे जहां वे बीस हजार से अधिक ग्राम सरपंचों की मौजूदगी में राष्ट्र को खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित करेंगे

भोपाल के भारत भवन में गांधी पर्व के नाम से आयोजित एक कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया इस अवसर पर महात्मा गांधी और ग्राम स्वराज पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई है इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला महात्मा गांधी सम्मान भी दिया गया इस वर्ष यह सम्मान पुणे की संस्था लोकायत को दिया गया लोकायत के नीरज जैन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश दुनिया और समाज में जो तनाव है उससे मुक्ति के लिये महात्मा गांधी के विचारों को अपनाना और उनके दिखाये रास्ते पर चलना जरूरी है कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ और कई गांधीवादी नेता एवं विचारक मौजूद थे

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरी दुनिया में अमिट छाप छोड़ी मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीजी के मार्ग पर चलकर ही देश और दुनिया को तनाव से मुक्त किया जा सकता है भाजपा ने भी गांधी जयंती पर गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया इस यात्रा में स्वच्छता प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण नशा मुक्ति और सामाजिक समरसता का संकल्प लिया गया इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमाभारती विधायक विश्वास सांरग रामेश्वर शर्मा महापौर आलोक शर्मा सहित बडी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी निष्ठा लगन के साथ देश की सेवा की उनका साहस सादगी और निष्ठा पूरे देश को प्रेरित करती रहेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर अपने संदेश में श्री शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देकर लालबहादुर शास्त्री ने देश में नई ऊर्जा का संचार किया था राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की

वहीं चार पुलिस महानिरीक्षकों को पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है प्रदेश में सामने आये हनी ट्रेप मामले की जांच कर रही एसआईटी के चीफ संजीव शमी की जगह विशेष पुलिस महानिदेशक राजेन्द्र कुमार को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक केएन तिवारी की जगह सुशोमन बैनर्जी को ई ओ डब्लू का प्रभार दिया गया है परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चैयरमैन बनाया गया है जबकि बी मधु कुमार को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने से शाम के बाद फिजां में ठंडक घुलने लगी है हालांकि अभी मानसून विदा नहीं हुआ है दक्षिण पूर्व राजस्थान और इससे सटे पश्चिमी मध्यप्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है तथा वायुमंडल में चक्रवाती घेरा भी कायम रहने से यह वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान शाजापुर आगरमालवा दतिया शिवपुरी श्योपुर राजगढ़ गुना अशोकनगर नीमच मंदसौर टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी आशंका जताई है वहीं तीन या चार अक्टूबर से वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिए हैं